राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने कहा राज्य की जेलों में हो रहा है आधारभूत सुविधाओं का विस्तार

वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू ने इस अवसर पर कहा कि यह प्रगतिशील सुधारों के कार्यान्वयन के प्रति सरकार की प्रतिबद्वता को दर्शाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कारोबार की सुगमता के मामले में भारत की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की है

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा जेलों का निरीक्षण किया जा रहा है और ये निरीक्षण रिपोर्ट राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जांची जा रही है

श्री जैन ने कहा कि जिस व्यक्ति को कानून की जानकारी होती है वह व्यक्ति आदर्श नागरिक बन सकता है उन्होंने बताया कि प्राधिकरण के फंट ऑफिसों के जरिये कोई भी व्यक्ति न्याय संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है उन्होंने बताया कि विधिक सेवा के प्रचार प्रसार के लिये पैरा वोलन्टियर्स की नियुक्ति की गई है

कॉलेजियम ने राजस्थान से तबादला होकर कर्नाटक हाईकोर्ट गये जज आर एस चौहान को हैदराबाद हाईकोर्ट और राजस्थान से ही कर्नाटक हाईकोर्ट गये जज विनीत कोठारी को ईलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की भी सिफारिश की है वे वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में जा रहे है

श्री खेर ने एक कार्यक्रम के सिलसिले में लम्बे समय तक व्यस्त रहने के कारण इस्तीफा दिया है सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है

यह वृद्धि कल आधी रात से प्रभावी हो गयी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि मुख्य रूप से गैस की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बदलाव और विदेशी मुद्रा में उतार चढाव के कारण करनी पड़ी है

उन्हें न्यायालय में पेश किया गया जहां से दोनों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया

रसायन और ऊर्वरक राज्य मंत्री मन्सूख मंडाविया ने बताया कि आम लोगों को इससे लगभग छह सौ करोड़ रुपये की बचत हुई है ये दवाइयां बड़ी कंपनियों की तुलना में पचास से नब्बे प्रतिशत तक सस्ती हैं उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के अंत तक देश में जनऔषधि स्टोर की कुल संख्या पांच हजार हो जायेगी जहां तीन सौ करोड़ रुपये तक की बिक्री होने का अनुमान है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कल जयप्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक में जिला स्तरीय और उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों को ्संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव आयोग की थीम प्रत्येक दिव्यांग को मताधिकार के लिए जागरूक कर उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर मतदान बूथ पहुंचाने की है इसके लिए सभी निर्वाचन अधिकारी मतदान केन्द्रों पर आवश्यक सुविधाए समय पर तैयार करते हुए दिव्यांगों को सूचीबद्व करें उन्होने कहा कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर हेल्प डैस्क बनवाकर एनसीसी स्काउंट और पुलिस कैडेट के विद्यार्थियों को चिन्हित कर मतदाताओं की सहायता के लिए उपलब्ध रखना सुनिश्चित करें

इसी के तहत कोई भी प्रत्याशी यदि मतदाता को लुभाने के लिये प्रलोभन देने की कोशिश करता है तो इसकी शिकायत निर्वाचन विभाग द्वारा जारी किये गये नम्बरों पर की जा सकती है

उपकरण लगाने की यह व्यवस्था ई रिक्शा तथा ऑटो रिक्शा पर लागू नहीं होगी मंत्रालय का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से यह व्यवस्था महत्वपूर्ण है लोकेशन ट्रेकिंग उपकरण के जरिए वाहन की निगरानी की जा सकेगी इसी तरह से आपात बटन का इस्तेमाल विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य किया गया है

फैक्ट्री संचालक विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों का नकली घी फैक्ट्री में तैयार करता था स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां से छह नमूने जांच के लिये लिए हैं

कुलपति ने छात्रसंघ अध्यक्ष पद के लिये सुनील चौधरी के नाम पर मोहर लगा दी